सुख समृद्धि ऐश्वर्य और रौशनी का पर्व दीपावली देशभर में धार्मिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है

धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं के अनुसार दीपावली का पर्व पर धन की देवी लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दीपावली की देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदी बेन पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित राज्य मंत्रिमंडल के मंत्रियों ने दीपावली के पावन पर्व पर प्रदेशवासियों को बधाई और हार्दिक शुभकामनाएँ दी हैं

बिरसा मुंडा प्रदेश में कल बिरसा मुण्डा की जयन्तीं पर भोपाल सहित सभी जिला मुख्यालयों पर ष्जनजाति गौरव दिवसण मनाया जाएगा

संस्कृति विभाग और आदिम जाति कल्याण विभाग के इस कार्यक्रम में जनजाति जननायकों के प्रति श्रद्धा प्रकट करने और उनके अवदान के स्मरण पर विशेष कार्यक्रम होंगे

संक्रमण की पुष्टि वाले मामलों में से केवल पांच दशमलव पांच पांच प्रतिशत बीमार हैं

यह राज्य इस वर्ष चक्रवात बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित हुए थे

गंभीर घायलों को जिला चिकित्सालय शिवपुरी रेफर कर दिया गया है दुर्घटना की सूचना मिलने के बाद शिवपुरी कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह और एसपी राजेश सिंह चंदेल जिला चिकित्सालय पहुंच गए प्राप्त जानकारी के ै अनुसार विजयपुर तहसील के ढोंढरीखुर्द और ढोंढरीकला गाँव के गुर्जर समाज के लोग कराहल तहसील के मोरावन में गमी में शामिल होने गए थे पोहरी श्योपुर रोड पर ककरा गाँव के पास तेज रफ्तार पिकअप वाहन मोड़ पर अनियंत्रित होकर पलट गया

इनमें चार खिलाड़ी भोपाल दो इंदौर दो खिलाड़ी जबलपुर तथा देवास और ग्वालियर का एक एक खिलाड़ी शामिल है युवा कल्याण विभाग द्वारा जारी इस आदेश के मुताबिक वॉटर स्पोर्ट स अकादमी भोपाल की कयाकिंग केनॉइंग खिलाड़ी राजेश्वरी कुशराम घुड़सवारी अकादमी के खिलाड़ी फराज खान श्रृटिंग अकादमी की पिस्टल खिलाड़ी चिंकी यादव और भोपाल के थ्रोबॉल खिलाड़ी चंद्रकांत हरडेतीरंदाजी अकादमी जबलपुर की खिलाड़ी मुस्कान किरार एवं जबलपुर की जूडो खिलाड़ी जानकीबाई दिव्यांग इंदौर के तैराकी खिलाड़ी अद्वैग पागे और सॉफ्टबॉल खिलाड़ी पूजा पारखे देवास के सॉफ्ट टेनिस खिलाड़ी जय मीणा तथा महिला हॉकी अकादमी ग्वालियर की खिलाड़ी करिश्मा यादव को उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित किया गया है उल्लेखनीय है कि विक्रम पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ी के उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित होने पर उनके शासकीय सेवा में जाने का मार्ग प्रशस्त हो जाता है रतनगढ मेला दतिया जिले के प्रसिद्ध रतनगढ़ माता मंदिर में हर साल दीपावली की दूज के अवसर पर आयोजित होने वाला तीन दिवसीय मेला इस साल नहीं लगेगा जिला प्रशासन ने कोरोना संकमण के चलते इस मेले पर प्रतिबंध लगा दिया है कलेक्टर संजय कुमार ने मेले में आने वाले लोगों से अपील की है कि कोरोना का संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है

कोरोना संक्रमण को देखते हुए दतिया जिले की सीमाओं से लगे जिले एवं अन्य प्रांतों के जिला प्रशासन द्वारा रतनगढ़ मेले में जाने वाले वाहनों को रोका जाएगा मौसम उत्तर भारत की तरफ से आ रही सर्द हवाओं के कारण राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के अधिकतर जिलों में अब ठंड का असर बढने लगा है बुंदेलखंड के ग्रामीणों इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है मौसम वैज्ञानिकों ने प्रदेश में ैआने वाले दिनों में तेजी से ठंड बढने उम्मीद जताई है इसके साथ ही कुछ स्थानों पर बारिश की भी संभावना है जिससे ठंड का असर ओर तेज हो जाएगा अगले कुछ दिनों में राजधानी भोपाल सहित रायसेन विदिशा सागर दमोह टीकमगढ़ छतरपुर ग्वालियर मुरैना भिंड श्योपुर सहित अन्य कई जिलों में कड़ाके की ठंड पडने के आसार जताए गए हैं

इस अवसर पर डायबिटिज रोग के खतरों से लोगों को अवगत कराने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे

प्रवेश पत्र वेबसाईट से डाउनलोड किये जा सकते हैं